इस दौरान उन्होंने सैनिकों से मुलाकात की और सैन्य अभ्यास का जायजा लिया रक्षामंत्री के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरबड़े भी मौजूद हैं

आज भोपाल में हुई सर्वदलीय बैठक में इसका निर्णय लिया गया बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कोरोना के बढ़ते संकमण की वजह से बैठक में सर्व सम्मति से सत्र को आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक एन पी प्रजापति और सज्जन सिंह वर्मा शामिल हुए

इस दौरान बाजार में दुकाने बन्द रही और आवश्यक वस्तुओं की द्काने ही खुली हैं

दमोह जिले में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सोमवती अमावस्या को शिवधामों के पट बंद रहेंगे

मंडला में एक और कोरोना संक्रमित युवक का पता चला है यह पिछले दिनों बैंगलोर से लौटा था

नरसिंहपुर में कलेक्टर ने सभी से आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करने की अपील की है इसके अलावा जिले में बीना सूचना प्रवेश करने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी रेल मंत्री गोयल रेलमंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारतीय रेल का अगले साढ़े तीन वर्षो में पूरी तरह से विद्युतिकरण हो जाएगा

श्री गोयल भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा कल आयोजित आत्मनिर्भर भारत अक्षय ऊर्जा और बिनिर्माण विषय पर आयोजित एक कार्यशाला को वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए संबोधित कर रहे थे पटेल दौरा केन्द्रीय पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल आज से दमोह जिले के दो दिवसीय दौरे पर हैं इस दौरान श्री पटेल ने तेजगढ़ में गुरैया नदी पर बने पुल का लोकार्पण किया

इस पुल के बन जाने से बारिश में परिवहन प्रभावित नहीं होगा

जिससे प्रदेश के किसानों को उचित मापदंड के फलदार पौधे और विभिन्न फसलों के मानक स्तर के बीज मिल सकें उन्होंने कहा कि विभाग की योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिये सरलीकृत प्रचार समिति तैयार करें जिससे किसानों को योजनाओं की जानकारी आसानी से समझ में आ सके उन्होंने कहा कि सेंट्रल ऑफ एक्सिलेंस वेजिटेबल न्राबाद जिला मुरैना के भारत सरकार से स्वीकृत प्रस्ताव अनुसार कार्य करने के लिये एक सप्ताह की समय सीमा में निविदा जारी करने की कार्यवाही की जाएँ समाचार संक्षेप में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब से कुछ देर बाद उज्जैन पहुंचेंगे

इच्छुक किसानों से अंतिम तारीख से पहले फसल का बीमा करवाने की अपील की गई है

गुना के नवागत कलेक्टर कुमार पुरूषोत्तम ने आज कलेक्टेट कार्यालय में कार्यभार ग्रहण किया